अब राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियां की जा सकेंगी सिर्फ कंटेनमेंट जोन इससे अलग रहेंगे ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में यह पहले ही प्रभावी कर दिया गया है

राज्य के श्रम मंत्री सत्यानद भोक्ता ने एयरपोर्ट पर मजदूरो का स्वागत किया प्रदेष पहुंचे प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य जांच के बाद सेनेटाइजड बसों के द्वारा उनके गृह जिलों के लिए भेजा जा रहा है रेन वाटर भारत सरकार के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत गिरिडीह जिले में भूगर्भीय जल भंडारण के लिए कैच दी रेन वाटर की शुरुआत हो गई है उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी वरीय अधिकारियों को मॉनसून के आगमन से पहले युद्धस्तर पर बरसात का पानी जमा करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर काम करने का आदेश दिया है उपायुक्त ने बताया कि सरकार अपने स्तर से मनरेगा योजना के तहत टीसीबी डोभा तालाब कुऑ निर्माण और बागबानी का काम कर रही है सरकारी कार्यलयों में भी वाटर हार्वेस्टिग के लिए गड्डा बनाने का आदेश दिया गया है उन्होंने लोगों से कैच दी रेन का हिस्सा बनने की अपील की उग्रवादी गिरफ्तार सिमडेगा जिले में पुलिस ने पीएलएफआई के जोनल कमांडर सचित सिंह सहित दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से एक इंसास हथियार भी बरामद किया है पुलिस अधीक्षक संजीव क्मार ने कल प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि संचित पर दो लाख रुपये का इनाम रखा गया था जलडेगा थाना क्षेत्र स्थित परबा जंगल में छिपे होने की सुचना पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने जलडेगा और कोलेबिरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया चारों ओर से घेरे जाने के बाद जोनल कमांडर सचित सिंह ने अपने एक साथी जोन सुरीन के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया एसपी ने कहा कि घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुरस्क त किया जाएगा

लॉकडाउन में मदद मिलने से किसानों को खेती बारी करने में मदद मिलेगी

इस लिंक के माध्यम से प्रशासन प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा देने के साथ रोजगार के लिये भी उपाय कर रहा

होम क्वारंटाइन अवधि में लोगों की स्वास्थ्य जांच के साथ उन्हें इसके फायदे बताए जा रहे हैं उपायुक्त वरूण रंजन ने बताया कि इस अभियान का मकसद जेएसएलपीएस की सखी मंडल की महिला समृह के माध्यम से होम क्वारंटाइन किये गए परिवार के सदस्यों को कोरोना संक्रमण से संबंधित विषयों पर जागरूक करना है प्रज्ञा केंद्र संचालक मोबाइल एप्प के माध्यम से होम क्वारंटाइन किये लोगों पर निगरानी बनाए रखेंगे इस अभियान में आंगनवाड़ी सेविका होम क्वॅरेंटाइन में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों पर नजर रखेंगी

इधर टाटा मुख्य अस्पताल टी एम एच के कोविड वार्ड में भर्ती एक कोरोना मरीज और एक अन्य संक्रमित के नर्जदीकी संपर्क में आए एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद कल दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया पूर्वी सिंहभुम के उपायक्त रविशंकर शक्ला और वरीय पूलिस अधीक्षक एम तमिल वाणन द्वारा गुलदस्ता देते हुए उन्हें घर के लिए विदा किया गया

इन सभी का चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर स्वागत किया

जबकि एक प्रवासी श्रमिक है श्रमिक रेल हिमाचल के अगरतला और आस पास के इलाकों में फंसे झारखंड के श्रमिकों को लेकर करीब तेईस घंटा विलंब के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन मध्यरात्रि लातेहार रेलवे स्टेशन पहंची जहां उपायक्त जिशान कमर और पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने उनका स्वागत किया

गृह जिला पहुंचे श्रमिकों ने जिला प्रशासन की व्यवस्था पर खुशी जताते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिले में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं उन्होंने कहा कि छात्रों को इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने पिछले परीक्षा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है श्री पोखरियाल ने कहा कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने जिले के पसंद के स्कूलों के बारे में सूचित करना होगा इसके बाद सीबीएसई स्कूलों के साथ समन्वय स्थापित करके छात्रों को नए परीक्षा केंद्र की जानकारी देगा मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए हर संभव व्यवस्था करने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सकें फेक न्यूज खंडन विभिन्न माध्यमों से फैलाई जा रही फेक न्यूज यानी भ्रामक समाचारों से सचेत करने के प्रयास में आकाशवाणी आपको सच्चाई से अवगत कराती है सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनलों पर प्रसारित एक वीडियो में एक बच्चे को उसकी मृत मां के साथ एक रेलवे स्टेशन पर दिखाया गया है

रेलवे ने लोगों से तथ्यहीन रिपोर्टों के आधार पर किसी भी अफवाह या फर्जी खबर को फैलाने और उसका समर्थन न करने को कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोरोना महामारी के दौरान माता और बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण क्षेत्र में कैल्शियम जीवन रक्षक घोल जिंक गर्भ निरोधक और आयरन की गोलियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी की व्यवस्था करें मंत्रालय ने कहा है कि जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी पौष्टिक आहार की आपूर्ति को भी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए

लॉकडाउन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पूर्णबंदी करने का सबसे बडा फायदा यह हुआ है कि इससे महामारी के फैलाव की दर धीमी हई है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार पूर्णबंदी लागू करने से अनेक लोगों की मृत्यू और संक्रमण को रोका जा सका है

आरोग्य सेत् केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोरोना रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने वाला दुनिया का सबसे बडा ऐप हो गया है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि यह ऐप सरकार उद्योग और नागरिकों के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण है

पारदर्शिता गोपनीयता और सुरक्षा आरोग्य सेतु एप के आधार स्तंभ हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर भारत की नीति के अन्रूप अब आरोग्य सेतु के स्रोत कोड को एक खुला स्रोत बना दिया गया है अब तक यह मंच नौ लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को क्वारंटिन होने सावधानी बरतने और परीक्षण में मदद मिली है

सेवा प्रभाग आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने संवाद कार्यक्रम में रेलवे के बारे में एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम शाम सात बजकर दस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है श्रोता यात्री रेलगाड़ियों के बारे में हमारे स्टूड़ियो में बैठे विशेषज्ञों से फोन पर अपने सवाल पूछ सकते हैं

उपायुक्त किरण कुमारी पासी और पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने सभी बी र्डी ओ सी ओ एवं थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की

ग्रमला जिले में कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए फिर एक बार सख्ती दिखाई है